जगदलपुर में लगेगी ट्राईफूड परियोजना केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा ने आज वेबीनार के जरिये किया शुमारंभ प्रदेश में अनेक हिस्सों में हो रही लगातार बारिश के कारण इंद्रावती शिवनाथ और मनियारी सहित अनेक नदियों का जलस्तर बढ़ा तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई स्वच्छता सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा इस वर्ष आयोजित किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के राष्ट्रीय पुरस्कारों की आज घोषणा की गई छत्तीसगढ़ ने देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में एक बार फिर स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा हासिल किया है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बीस में छत्तीसगढ़ ने विभिन्न श्रेणियों में चौदह पुरस्कार हासिल किए हैं केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये पुरस्कार वितरित किए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया भी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुए पहली बार ऑनलाइन तरीके से ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए आज छत्तीसगढ़ के जिन शहरों और नगर पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से नवाजा गया है उनमें दुर्ग जिले की पाटन नगर पंचायत जशपुर धमतरी अंबिकापुर भिलाई चरोदा चिरमिरी बीरगांव कवर्धा अकलतरा नरहरपुर सारागांव और पिपरिया शामिल हैं इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पूरे देश में ओडीएफ प्लस प्लस होने वाला पहला प्रदेश बना है गार्बेज फ्री सिटी में भी छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है वहीं केन्द्र सरकार ने स्वच्छता के मामले में अंबिकापुर को फाईव स्टार शहर का दर्जा और नौ शहरों को थ्री स्टार तथा पांच शहरों को वन स्टार शहर का दर्जा दिया है पुरस्कार वितरण के दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री श्री पुरी को छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही गोधन न्याय योजना और गोबर खरीदी के विषय में जानकारी दी केंद्रीय मंत्री ने गोधन न्याय योजना और गोबर खरीदी योजना को वेस्ट दू वेल्थ का अच्छा कमर्शियल मॉडल बताते हुए इसकी प्रशंसा की और इसे अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया राजीव गांधी किसान न्याय योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आज प्रदेश के उन्नीस लाख किसानों को पंद्रह सौ करोड़ रूपये की दूसरी किश्त जारी की गई साथ ही तेंद्रपत्ता संग्राहकों को दो सौ तैंतीस करोड़ रूपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को साढ़े चार करोड़ रूपए का भुगतान भी किया गया पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह राशि जारी की इस कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि किसानों गरीबों आदिवासियों और जरूरतमंद लोगों की मदद की योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में सभी वर्गों की भलाई और बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यो की प्रशंसा की और इसके लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल सहित मंत्रीगणों को बधाई दी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य में किसानों ग्रामीणों मजदूरों और आदिवासियों को विभिन्न योंजनाओं तथां कार्यक्रमों के माध्यम से मदद पहुंचाकर राज्य सरकार राजीव गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है कैबिनेट निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए मंत्रिमंडल ने विधानसभा के सदस्यों का यात्रा भत्ता बढ़ाकर आठ लाख रूपये और पूर्व सदस्यों का चार लाख रूपये किए जाने का अनुमोदन किया है वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन में भी वृद्धि करने का फैसला लिया गया है इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने महासमुंद बालोद बलौदाबाजार बेमेतरा जांजगीर और सरगुजा जिले में छह नये सहकारी बैंकों की स्थापना का प्रावधान किया है मंत्रिमंडल ने बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण शहीद महेन्द्र कर्मा के नाम पर करने का अनुमोदन किया है साथ ही शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसके अलावा भंडार गृह नियम में भी आंशिक संशोधन किया गया है बैठक में छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री के लिखे पत्र को कैबिनेट ने अनुमोदित किया साथ ही मंत्रिमंडल ने नये जिले गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में स्थानीय युवाओं को मौका देने का फैसला भी लिया है बैठक में राज्य सरकार द्वारा पच्चीस अगस्त को विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रथम अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया एर्राबोर राहत शिविर में हुए माओवादी हमले में मारे गए एक सौ बत्तीस ग्रामीणों के परिजनों को अब चार चार लाख रूपये की सहायता राशि दिए जाने का निर्णय भी सरकार ने लिया है

आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है दुर्ग जिले में आज कोरोना संक्रमित बयासी नये मरीजों की पुष्टि की गई है इनमें टाउनशिप सेक्टर दो से एक ही परिवार के छह सदस्य संक्रमित पाए गए हैं इसी प्रकार भिलाई के सेक्टर चार और खुर्सीपार में एक ही परिवार के चार चार सदस्य भी कोरोना पॉजीटिव मिले हैं जांजगीर चांपा जिले में मिले बीस नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है वहीं कोरिया जिले में आज कोरोना पॉजीटिव बीस नये मरीज मिले हैं वहीं चरचा कॉलरी से कोरोना संक्रमण के ग्यारह मामले सामने आने के बाद संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने इन मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं उधर कांकेर जिले में बीती रात ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उनकी पत्नी की कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के बाद जिला पंचायत कार्यालय को सील कर दिया गया है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होम आईसोलेशन में चले गए हैं वहीं महासमुंद जिले में आज आठ नये कोरोना पॉजीटिव मरीज पाए जाने की पुष्टि जिला जनसंपर्क अधिकारी ने की है इनमें महासमुंद और बागबाहरा के तीन तीन तथा बसना और पिथौरा के एक एक मरीज शामिल हैं

कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में दुकानों के खुलने बंद होने के समय में भी संशोधन कर दिया है अब सभी प्रकार की दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक ही खुलेंगी तीन बजे के बाद बिना किसी अतिआवश्यक काम के लोगों का घरों से निकलना भी प्रतिबंधित किया गया है ट्राईफूड परियोजना जगदलपुर में भारत सरकार द्वारा ट्राईफूड परियोजना की शुरूआत की गई है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुण्डा ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और महाराष्ट्र के रायगढ़ में वेबीनार के जरिये आज ट्राईफूड परियोजनाओं का शुभारंभ किया ये परियोजनाए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर लगाई जा रही है जगदलपुर के बुरूदवारा सेमरा में स्थित ट्राईफेड क्षेत्र में मल्टी कमोडिटी प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा ने कहा कि इन परियोजनाओं के जरिये लघु वनोपजों का मूल्य संवर्धन किया जाएगा जिससे आदिवासीजनों की आमदनी में वृद्धि होगी इन परियोजनाओं के अगले वर्ष मई महीने तक पूरा हो जाने की उम्मीद है

कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है दंतेवाड़ा जिले में बांगाबाड़ी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है जिससे बचेली नकुलनार मार्ग में आवागमन बाधित हो गया है वहीं शंकिनी डंकिनी नदी का भी जलस्तर बढ़ने से नगर के निचले इलाकों के कई घरों में पानी भर गया वहीं बीजापुर जिले में लगातार बारिश के कारण इंद्रावती नदी समेत छोटे बड़े नाले लबालब भर गए हैं इसकी वजह से जगदलपुर भोपालपटनम मार्ग सहित जिला मुख्यालय से जुड़ने वाले लगभग समी मार्गो में आवागमन प्रभावित हुआ है जिला कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि वे बेवजह घरों से बाहर न निकलें सुकमा जिले में कई पुल और पुलियों के ऊपर से पानी बहने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई इलाकों में आवागमन प्रभावित हुआ है पुसपाल थाना क्षेत्र में बारूनदी का जलस्तर बढ़ने से निचली बस्तियों को खाली कराया गया है वहीं कवासीपारा ग्राम पंचायत के भी कुछ परिवारों को तालनार में सुरक्षित पहुंचाया गया है वहीं गादीरास थाना क्षेत्र में मलंगेर नदी के पुल के ऊपर से करीब छह फीट पानी बह रहा है जिससे यह मार्ग बंद हो गया है केरलापाल से मिसमा के बीच बोदागुड़ा नाला के ऊपर पानी बहने से इस मार्ग में भी आवागमन बाधित है इसके अलावा किस्टाराम चिंतलनार कोंटा और दोरनापाल थाना क्षेत्र में भी कई इलाके बारिश से प्रभावित हुए हैं

इंद्रावती नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी तट के डूबान क्षेत्रों में बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर रजत बंसल ने सभी मैदानी अमलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राहत शिविरों में भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दल तैनात करने को कहा है कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने इन्द्रावती नदी पर बने पुराने पुल में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए

साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है इधर मुंगेली जिले में मनियारी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है लोरमी क्षेत्र के दर्जनों गांव इससे प्रभावित हुए हैं कई गांवों में मकान ढहने की खबर है उधर राजनांदगांव जिले में भी मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं मोहारा में शिवनाथ नदी के पुराने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है वहीं महासमुंद जिले में बसना ब्लॉक के बिछिया गांव में गाज गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है इस बीच मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है साथ ही बिलासपुर संभाग और उससे लगे कुछ जिलों के एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है राजीव गांधी जयंती पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती आज प्रदेश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बधेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सद्भावना दिवस की शपथ ली इसके पहले मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्वांजलि दी और राष्ट्र के नवनिर्माण में उनके अमूल्य योगदान को याद किया वहीं प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सदभावना दिवस के रूप में मनाई गई इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों ने कोविड नाइंटीन के प्रोटोकाल का पालन करते हुए भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की शपथ ली

भारत में बीस अगस्त उन्नीस सौ इक्कीस को हुए प्रथम रेडियो प्रसारण की याद में हर साल प्रदेश में बीस अगस्त को रेडियो श्रोता दिवस मनाया जाता है इस मौके पर रेडियो श्रोता कल्याण समिति भोपाल के तत्वाधान में वर्चुअल सम्मेलन का भी आयोजन किया गया जिसमें देशभर के श्रोताओं ने भाग लिया इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के रेडियो श्रोताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता अशोक बजाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो माध्यम को महत्व देते हुए अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिये देश की जनता को कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रेरक संदेश दिए हैं श्री बजाज ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि अन्य आवश्यक वस्तुओं की तरह ही हम सब यह संकल्प लें कि आने वाले समय में भारत में ही निर्मित रेडियो और अन्य संचार उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे

संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पंडित वामनराव लाखे की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है राज्यपाल ने कहा है कि पंडित वामनराव लाखे का सहकारिता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज प्रदेश में कल मनाया जाएगा

कांकेर जिले में केंद्रीय क्षेत्रीय बीज ग्राम योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले बीज को बेचने का मामला प्रकाश में आने के बाद कृषि विभाग के उप संचालक ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और मामले की जांच कराने के लिए निर्देश दिए हैं